उन्हें यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान के लिए प्रदान किया गया है सोल शांति पुरस्कार प्रतिष्ठान ने सोल में एक भव्य समारोह में श्री मोदी को पुरस्कार दिया इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त फिल्म भी दिखाई गई श्री मोदी को सम्मानित करते हुए पुरस्कार समिति ने यह माना कि उन्होंने भारत और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के विकास तथा अमीरों और गरीबों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानता कम करने के लिए श्री मोदी ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं ऋणमाफी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब से कुछ देर पहले रतलाम जिले से किसानों के ऋण खातों में ऋण माफी की राशि अंतरण की कार्यवाही का शुभारंभ किया

इन्हें एक मार्च तक योजना के तहत राशि मिल जायेगी

उल्लेखनीय है कि जय किसान ऋण माफी योजना में आज से पात्र किसानों के बैंक खाते में भुगतान की कार्यवाही के साथ ही किसानों को सम्मान पत्र देने का निर्णय भी लिया गया है

सम्मेलन में चालू ऋण खाता धारक किसानों को कालातीत फसल ऋण माफी के प्रकरणों में ऋण माफी पत्र प्रदान किये जाएंगे जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन के बाद संबंधित बैंक में योजना के प्रावधान के अनुसार राशि जमा कराई जायेगी गडकरी केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अब से क्छ देर में जबलपुर में प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाई ओव्हर का दमोह नाका पर शिलान्यास करेंगे

फ्लाई ओव्हर बनने से इन मार्गो पर यातायात का दबाव कम होगा साथ ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट भवन तक का आवागमन भी सुव्यवस्थित हो सकेगा युवा स्वाभिमान योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल के लाल परेड मैदान में बेरोजगार युवाओं के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरूआत की इस मौके पर श्री कमलनाथ ने कहा कि युवाओं को नारे नहीं रोजगार चाहिये

इसके लिये सरकार ने नई नीति बनाई है

प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को काम की जिम्मेदारी दी जायेगी बस निरीक्षण परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने आज सुबह राजधानी भोपाल में सड़कों पर उतरकर स्कूल बसों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने स्कूल बसों में अनियमितताएं संबंधित जांच की

मंत्री श्री राजपूत ने बच्चों से बात कर उनकी समस्याओं की भी जानकारी ली उन्होंने कई बसों में अनियमितताएं पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन और कर्मचारियों को फटकार भी लगाई स्वाइन फ्लू मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नागरिकों से स्वाइन फ्लू से बचाव और शुरुआती लक्षण दिखते ही उपचार कराने की अपील की है श्री कमलनाथ ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि स्वाइन फ्लू मौसमी वायरल संक्रमण है इसके प्रारंभिक लक्षण दिखते ही नजदीकी चिकित्सा केंद्र में जाकर जांच कराएं और चिकित्सकों के परामर्श का पालन करें उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि अस्पतालों में इस बीमारी की दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है कल कुछ स्थानों पर बारिश हुई सतना रीवा मुरैना जिले में भी बारिश से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है हालांकि दिन में तेज धूप की वजह से तापमान में बढ़ौत्तरी भी दर्ज की गई भोपाल झाबुआ पन्ना समेत कई जिलों में गर्मी का आसर बढ़ गया है

इस संबंध मे आज झाबुआ जिले की राजनैतिक दलो के साथ मीडिया के प्रतिनिधियों की बैठक है